दिशा निर्देशों के अनुसार नाक कान और गले की ओपीडी में आने वाले सभी रोगियों के तापमान की जांच की जाएगी

ओपीडी में मास्क हाथो की सफाई और सामाजिक दूरी सुनिश्चित कराई जायेगी दिशा निर्देशों में यह भी सलाह दी गई है कि रोगी टेलीफोन के जरिये भी डॉक्टर से सलाह ले सकते है और जरूरत पडने पर ही रोगी को स्वयं मौजूद होने की सलाह दी जायेगी

राज्य आपदा राहत कोष एसडीआरएफ से खरीदे जाने वाले ये वाहन आपदा राहत के साथ ही टिड्डी नियंत्रण में भी काम आयेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये टिड़डी नियंत्रण के लिए किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की

वहीं आवश्यक कीटनाशी का तत्काल प्रबंध कर सकेंगे

बैठक में कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि टिड्डी नियंत्रण के लिए जिलावार रणनीति पर काम करना होगा इस काम में टिड्डी चेतावनी संगठन और राज्य सरकार के प्रयासों के साथ ही स्थानीय किसानों का सहयोग भी लिया जाए

ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम का भुगतान हुआ है